असम में श्री मोदी आज सवेरे धेमाजी जिले में सिलापाथर में तेल और गैस क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे उधर पश्चिम बंगाल में आज दोपहर हगली में प्रधानमंत्री अनेक रेल परियोजनाओं का उद्घघाटन करेंगे श्री मोदी ने दवीट में कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि पश्चिम बंगाल में उच्च कोटि के विकास कार्य हों रेलवे परियोजनाएं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कल वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश केरल तमिलनाडु और कर्नाटक के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं से जुडी कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया दस अरब रुपए लागत की अठासी रेलवे परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गई इनसे भारतीय रेलवे को भविष्य के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी श्री गोयल ने केरल में रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य में कनेक्टिविटी में सुधार करना महत्वपूर्ण है जो भारतीय विरासत का रक्षक है श्री गोयल ने कहा कि सरकार केरल में एक जीवंत रेलवे नेटवर्क के लिए प्रतिबद्ध है बजट राज्य विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है सत्र के पहले दिन आज विधानसभा अध्यक्ष पद के लिये भाजपा के विधायक गिरीश गौतम के नाम की विधिवत घोषणा की जाएगी

बजट दो मार्च को प्रस्तुत किये जाने की संभावना है वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा पहली बार बजट पेश करेंगे

वे आईआईटी खडगपुर के छियासठवें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे प्रहलाद पटेल दार्जिलिंग केन्द्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल आज दार्जिलिंग के राजभवन में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे तीन दिवसीय महोत्सव के समापन समारोह में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ शामिल होंगे महोत्सव की शुरूआत ओडिसी विजन एंड मूवमेंट सेंटर की प्रस्तुति के बाद डोना गांगुली के ओडिसी नृत्य माइकल के सैक्सोफोन और शाइनी हयर्पेट के बैंड कार्यक्रम से होगी

विश्वविद्यालयीन परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण होते ही विद्यार्थियों मार्कशीट और प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराएं जिससे विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन अथवा रोजगार संबंधी आवेदनों में किसी प्रकार की अस्विधा का सामना नहीं करना पड़े

राज्यपाल ने विद्यार्थियों के हितों के अनुसार व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने पर बल देते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाये कि किसी एक स्थान पर फीस जमा कर देना विद्यार्थी के पाठ्यक्रम और संस्थान के विकल्पों के चयन में बाधक नहीं हो उन्होंने प्रदेश के विश्वविद्यालयों को कृषि एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ आपसी समझौते पर कार्य करने के लिए कहा प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय स्रोतों में वृद्धि के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए आय के स्रोतों को विस्तारित करने की जरूरत बताई बैठक में प्रदेश के समस्त शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल हुए

उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया है कि पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश तेलंगाना उत्तराखंड तमिलनाडु जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में धान की खरीद सुचारु रूप से चल रही है

कर्नाटक खेलो इंडिया खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की है कि दूसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों की मेजबानी कर्नाटक करेगा मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के साथ बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि इस साल के अंत में होने वाले देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालयीन खेल एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के साथ साझेदारी में बेंगलुरु में आयोजित किए जाएंगे

इस अवसर पर उन्होंने शिवपुरी लिंक रोड पर अत्याधुनिक लिंक हास्पिटल का शुभारंभ भी किया